आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के तीन आसान एहतियाती उपायों का संकल्पए लें

वे राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर सरदार पटेल की प्रतिमा के निकट आयोजित एकता परेड में भी हिस्सा लेंगे इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो दिन के गुजरात दौरे पर आज सुबह अहमदाबाद पहुंचे इसके बाद वे गांधीनगर गए और पूर्व मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल को श्रद्धांजलि अर्पित की जिनका कल निधन हो गया था प्रधानमंत्री जानेमाने कलाकार बंधुओं महेश और नरेश कनोडिया के परिजनों से भी मिले दोनों भाइयों का हाल ही में निधन हो गया था श्री मोदी ने इन दोनों के निधन पर अपनी श्रद्धांजलि भी अर्पित की प्रदेश की सात विधानसभा सीटों पर तीन नवम्बर को होने वाले उप चुनाव के लिए चुनाव प्रचार तेज हो गया है हमारे संवाददाता ने बताया कि सभी राजनैतिक दल रैलियों और सभाओं के माध्यम से मतदाताओं को लुभाने का प्रयास कर रहे हैं भाजपा नेता और प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने आज अमरोहा जिले के नौगांवा सादात सीट पर चुनाव प्रचार किया यह सीट कैबिनेट मंत्री और भाजपा के विधायक रहे चेतन चौहान के निधन से खाली हुई है और अब यहां से उनकी पत्नी भाजपा की उम्मीदवार हैं कांग्रेस नेता राशिद अल्वी और समाजवादी पार्टी के नेता धर्मेद्र यादव ने अपनी अपनी पार्टियों के उम्मीदवारों का कल यहां चुनाव प्रचार किया था भाजपा नेता और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पार्टी की ओर से चुनाव प्रचार की कमान संभाली है और पार्टी के दूसरे नेता भी अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के पक्ष में चुनाव प्रचार कर रहे हैं हालांकि विपक्ष के बड़े नेताओं जैसे मायावती प्रियंका गांधी वाड्रा और अखिलेश यादव ने अभी तक किसी भी बड़ी रैली को संबोधित नहीं किया है लेकिन उनकी पार्टी के दूसरे नेता अपने उम्मीदवारों के पक्ष में चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं सुशील चन्द्र तिवारी आकाशवाणी समाचार लखनऊ

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि राज्य सरकार के लिए किसानों और आम जनता का हित सर्वोपरि है आज लखनऊ में एक उच्च स्तरीय बैठक में मुख्यमंत्री ने कृषि उत्पादन आयुक्त को निर्देशित करते हुए कहा कि वे यह सुनिश्चित कराएं कि किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिले और आम जनता को आवश्यक खाद्य सामग्री सही कीमत पर उपलब्ध हो उन्होंने कहा कि जनता को उचित मूल्य पर दाल एवं सब्जियां उपलब्ध कराने के लिए सभी जरूरी कदम उठाये जाएं उन्होंने आवश्यक खाद्य सामग्री की जमाखोरी करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के भी निर्देश दिये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज बाल्मीकी जयन्ती पर चित्रकूट के लालापुर स्थित बाल्मीकी आश्रम में अखंड रामायण पाठ का शुभारंभ किया इससे पूर्व उन्होंने आश्रम में असावर माता की पूजा और आरती की इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने अपने सम्बोधन में कहा कि द्निया को राम से साक्षात्कार कराने का श्रेय महर्षि बाल्मीकी को ही जाता है श्री योगो ने कहा कि प्रभु श्री राम का चित्रकूट आज नये कदम बढ़ा रहा है और यह हमें हजारों वर्षों की विरासत को समेटे रामायण काल का स्मरण कराता है मुख्यमंत्री ने कहा कि बुन्देलखंड में चित्रकूट को वायु सेवा से जोड़ा जायेगा और लालापुर और राजापुर को जोड़कर यहां पर्यटन सेवाओं को विकसित किया जायेगा

भाजपा सांसद जगदम्बिका पाल ने कहा है कि भारत में सरकार के द्वारा कोरोना संक्रमण को रोकने के लिये किये गये उपाय पूरी दुनिया में सबसे बेहतर साबित हुए है उन्होंने कहा कि जहां एक ओर विश्व के अनेक देश पुनः लॉकडाउन की ओर जा रहे है वहीं आज भारत में संक्रमित मरीजों की संख्या कम होने के साथ साथ मृत्युदर में भी काफी कमी दिख रही है

अपर मुख्य सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि पिछले चौबीस घंटे के दौरान कोरोना संक्रमण के दो हजार दो सा सैंतीस नये मामले सामने आये हैं वहीं एक दिन में दो हजार पांच सौ नब्बे मरीज इलाज के बाद पूरी तरह से स्वस्थ हो चुके हैं उन्होंने बताया कि आज से प्रदेश भर में महदी आर्टिस्ट और ब्यूटी पार्लर के सभी कर्मचारिया की फोकस सैम्पिलिंग की जा रही है उन्होंने बताया कि आसपास के राज्यों में कोरोना संक्रमण के मामले दोबारा बढ़ रहे हैं ऐसे में बदलते मौसम को देखते हुए विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता है

उन्होंने आगामी त्यौहारों के मद्देनज़र राज्य में विभिन्न कारोबारी समूहों पर फोकस कोविड टेस्टिंग कार्य को प्रभावी ढंग से संचालित करने के लिए कहा है मुख्यमंत्री ने कहा कि जब तक कोरोना की कोई कारगर दवा अथवा वैक्सीन उपलब्ध नहीं हो जाती है तब तक पूरी सतर्कता और सावधानी बरतना अत्यंत आवश्यक है श्री योगी ने कहा संचारी रोगों के नियंत्रण के लिए सैनिटाइजेशन तथा फॉगिंग कार्य को पूरी सक्रियता से किया जाये इसके साथ ही पब्लिक एड्रस सिस्टम के माध्यम से लोगों को कोविड तथा संचारो रोगों से बचाव की जानकारी दी जाये उन्होंने कहा कि मिशन शक्ति अभियान के अन्तर्गत किये जा रहे जन जागरूकता कार्यों के बेहतर परिणाम मिल रहे हैं उन्होंने आगामी ठंड के मौसम को ध्यान में रखते हुए निराश्रित लोगों को कम्बल वितरण का कार्य समय पर सुनिश्चित करने के लिए संबंधित विभाग को निर्देश दिये पैगम्बर मोहम्मद का जन्मदिन ईद ए मीलाद उन नबी का पर्व आज प्रदेश में अकीदत के साथ मनाया जा रहा है

हालांकि पैगम्बर मोहम्मद के जीवन और शिक्षाओं को बताने के लिए घरों और मस्जिदों में मीलाद महफिलों जलसा और कुरान ख्वानी के आयोजन किए जा रहे हैं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इस अवसर पर लोगों को बधाई दी है अपने संदेश में राष्ट्रपति ने कहा कि पैगम्बर मोहम्मद ने प्रेम और भाईचारे का संदेश दिया और दुनिया को मानवता के पथ पर चलने की राह दिखाई प्रधानमंत्री श्री मादी ने कहा कि यह दिन सारी दुनिया में करुणा और भाइचारे को बढ़ावा देगा राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ईद ए मीलाद उन नबी के मौके पर प्रदेश वासियों को बधाई दी है उन्होंने आशा व्यक्त कि यह पर्व समाज में शांति और सद्भाव को बढ़ाने के लिए नई प्रेरणा देगा